प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेता विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के कठ्आ में एक चुनाव रैली को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में उनके मुल स्थानों में फिर से बसाने के लिए प्रतिबद्व है और इस दिशा में काम शुरू भी हो चुका है आज जम्मू कश्मीर के कद्आ में एक रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार रही हैं श्री मोदी आज ही अलीगढ़ और मुरादाबाद में भी जनसभाओं को संबोधित किया अलीगढ़ में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के एक करोड़ अस्सी लाख घरो में मुफ्त गैस का कनेक्शन दिया उन्होंने कहा कि उनके सरकार के कार्यकाल में अटठारह हजार गांवों में बिजली पहंचाई गयी प्रधानमंत्री ने कॉप्रेस सपा बसपा पर भ्रष्टाचार के गम्मीर आरोप लगाये कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा आज असम के सिलचर में रोड शो किया इस चरण में प्रदेश के नगीना अमरोहा बुलन्दशहर अलीगढ़ हाथरस मथुरा आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा लोकसभा चुनाव के चैथे चरण के लिए नाम वापसी की अवधि खत्म होने के बाद राज्य में तेरह संसदीय क्षेत्रों में कुल एक सौ बावन प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं चौथे चरण में जिन सीटों के लिये आगामी उत्तीस अप्रैल को वोट डाले जायेंगे उनमें शाहजहांपर सुरक्षित खीरी हरदोई स्रक्षित मिश्रिख सुरक्षित उन्नाव फर्रूखाबाद इटावा सुरक्षित कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन सुरक्षित झांसी और हमीरपुर शामिल है चौथे चरण के चुनाव में प्रमुख उम्मीदवारों के रूप में पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खर्शीद समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव भाजपा नेता रामशंकर कठेरिया सत्यदेव पचौरी और कांप्रेस के श्रीप्रकाश जायसवाल के राजनैतिक भविष्य का फैसला होगा इस बीच पांचवें चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का काम जारी है और अट्ठारह अप्रैल तक पर्चे भरे जा सकते हैं जबकि इस चरण में नाम वापस लेने की अंतिम तारीख़ बाईस अप्रैल नियत की गई है पांचवें चरण का मतदान छह मई को होगा राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनकी एक सौ अटठाईसवीं जयंती पर स्मरण कर रहा है आज ही के दिन सन अटठारह सौ इक्यानवे में मध्य प्रदेश के मह में भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर का जन्म हआ था इस अवसर पर देशभर में आज कई समारोह हो रहे हैं राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज सुबह नई दिल्ली में संसद भवन में डॉक्टर आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पाजलि अर्पित की उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अव्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा अनेक गण्यमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे अपने संदेश में राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा है कि डॉक्टर आम्बेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायड ने एक टवीट संदेश में कहा डॉ आम्बेडकर नागरिक अधिकारों के प्रबल समर्थक थे उन्होंने सामाजिक भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि डॉ आम्बेडकर सामाजिक न्याय के प्रणेता और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में नौ उम्मीदवारों की एक और सूची कल जारी कर दी इसमें बस्ती संसदीय सीट से राजकिशोर सिंह सलेमपुर से राजेश मिश्रा भदोही से रमाकांत यादव गोण्डा से कृष्णा पर्टेल जौनपुर से देवव्रत मिश्रा गाजीपुर से अजित प्रताप कशवाहा चन्दौली से शिवकान्य कशवाहा अम्बेडकरनगर से उम्मेद सिंह निषाद और मोहनलाल गंज से आरके चौधरी शामिल हैं बहजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए सोलह उम्मीदवारों की आज एक और सुची जारी की पार्टी ने पूर्व सांसद भीष्म शंकर को फिर से संतकबीर नगर और रंगनाथ मिश्र को मदोही सीट से मैदान में उतारा है अशोक कमार त्रिपाठी को प्रतापगढ से और आफताब आलम को इमरियागंज से उम्मीदवार बनाया है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के दौरान देश में कारोबार करना आसान हुआ है इस दृष्टि से भारत पैंसठवे स्थान की छलांग के साथ वैश्विक तालिका में एक सौ बयालिस से सतहत्तरवे पायदान पर आ गया है सोशल मीडिया मंचों र्स विश्व में रह रहे भारतीय समुदाय से बातचीत में श्रीमती स्वराज ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पहले दनिया की पांच कमजोर अर्थव्यस्थाओं में शामिल थी लेकिन आज यह छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है कांग्रेस ने चुनावों के दौरान विपक्षी नेताओं पर आयकर छापों के औचित्य पर सवाल उठाया है पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने आज दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अपने दल और उम्मीदवारों के प्रचार में भारी राशि खर्च कर रही है उसे इस खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए